बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में रायगढ़ जिले को एक बार फिर मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से चौबीस जनवरी को नई दिल्ली में दिया जाएगा सम्मान पुलिस महानिदेशक ने पुलिस विभाग में प्रदेशभर से प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच और निराकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश पुणे में आयोजित खेलो इंडिया में आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन और शिवांक्ष साहू ने तैराकी में जीते स्वर्ण पदक मुख्यमंत्री बलरामपुर रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि तेरह दिसम्बर दो हजार पांच के पहले से वन भूमि पर काबिज और तीन पीढ़ियों से रहे रहे लोगों को वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा

मुख्यमंत्री ने यह बात आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी में आयोजित तातापानी महोत्सव के अवसर पर कही इससे पहले राजधानी रायपुर के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि चिटफंड कम्पनियों के नाम पर गरीबों की गाढ़ी कमायी लूटने वालों से निवेशकों के पैसे वापस दिलाए जाएंगे श्री बघेल ने कहा कि सम्पत्ति कर और बिजली का बिल भी आधा किया जाएगा लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है उन्होंने नागरिकों से सम्पत्ति कर और बिजली बिल जमा करने की अपील की श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शराब बंदी लागू करने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि शराब बंदी होगी लेकिन एकदम से नहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी वर्गो से सुझाव लिए जाएंगे

डॉक्टर साय को भारत स्काउट्स और गाइड्स जिला संघ रायपुर द्वारा सम्मानित किया गया इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने स्काउट्स गाइड्स को एक अनुशासित संगठन बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित हुआ है रायगढ़ जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चौबीस जनवरी को नई दिल्ली में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा रायगढ़ जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार यह सम्मान ग्रहण करेंगे रायगढ़ जिले को तीसरी बार इस सम्मान के लिए चुना गया है इस अभियान के तहत उत्कृष्ट और प्रभावी कार्य के लिए रायगढ़ सहित देश के पच्चीस उत्कृष्ट जिलों का चयन किया गया है डीजीपी बैठक पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने पुलिस विभाग में प्रदेशभर से प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच और निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आज अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली श्री अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन से आने वाले पत्रों या मंत्रियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का निराकरण समय सीमा में किया जाना चाहिए उन्होंने पुलिस का आध्निकीकरण और पुलिस की विभिन्न शाखाओं में खरीदी जाने वाली सामाग्रियों की आपूर्ति में पारदर्शिता बरतने के लिए क्रय और तकनीकी समिति गठित करने के भी निर्देश दिए पुलिस महानिदेशक ने कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के प्रस्तावों को भी तर्क संगत रूप देने को कहा उन्होंने सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान रूप से पदोन्नति का लाभ देने के लिए जरूरत होने पर सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की बात भी कही

यह शुक्रवार तक जारी रहेगी इस अवधि में एक बॉन्ड की कीमत स्वर्ण के रूप में तीन हजार दो सौ चौदह रूपए प्रति ग्राम होगी और इसके भुगतान की तारीख बाईस जनवरी रहेगी केन्द्र ने रिजर्व बैंक से सलाह मश्विरा करके फैसला किया है कि जो निवेशक ऑनलाइन आवेदन करके डिजिटल माध्यम से राशि की अदायगी करेंगे उन्हें निर्धारित मूल्य में पचास रूपए प्रति ग्राम की रियायत दी जाएगी ऐसे लोगों के लिए स्वर्ण बॉन्ड का मूल्य तीन हजार एक सौं चौंसठ रूपए प्रति ग्राम होगा धान खरीदी प्रदेश में अब तक समर्थन मुल्य पर इकसठ लाख अस्सी हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है यह खरीदी राज्य के बारह लाख तिरसठ हजार से ज्यादा किसानों से की गई है धान खरीदी इस महीने की इकतीस तारीख तक चलेगी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के अनुसार इस साल अब तक सबसे अधिक लगभग छह लाख पंद्रह हजार मीटरिक टन धान खरीदी जांजगीर चाम्पा जिले से की गई है

इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का ब्रनियादी ज्ञान होना वांछनीय है कांग्रेस बैठक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक परसों सोलह जनवरी को कांग्रेस के रायपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में होगी इसमें मोर्चा संगठनों प्रकोष्ठों और विभागों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे पार्टी से जारी एक बयान के अनुसार इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए दिए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी जायेगी साथ ही इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी आकर्षि शिवांक्ष स्वर्ण पदक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ की युवा प्रतिभाओं ने बैडमिंटन और तैराकी में स्वर्ण पदक हासिल किया है आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन में और शिवांक्ष साह ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया के अंडर इक्कीस महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने महाराष्ट्र की मालविका बंसोड को खिताबी मुकाबले में इक्कीस ग्यारह और इक्कीस सोलह से पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया वहीं शिवांक्ष साहू ने सौ मीटर बटर फ्लाई में कांस्य पदक जीतने के बाद दो सौ मीटर मिडले रिले में स्वर्ण पदक हासिल किया आकर्षि कश्यप और शिवांक्ष साहू की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने राज्य सरकार की ओर से खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को दो लाख रुपए रजत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को डेढ़ लाख और कांस्य पदक विजेता को एक लाख रुपए नगद देने की घोषणा की है मकर संक्रांति मकर संक्रान्ति का पर्व आज देशभर में परम्परागत श्रद्धा और हर्षोल्च्लास के साथ मनाया जा रहा है यह त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने और नई फसलो की कटाई की खुशी में मनाया जाता है यह पर्व देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है इसे तमिलनाडु में पोंगल गुजरात में उत्तरायण असम में भोगली बिहु और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रान्ति के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मकर संक्रान्ति के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं छत्तीसगढ़ में भी यह पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में लोगों ने आज सुबह नदी में पुण्य स्नान कर पूजा अर्चना की

इसे देखते हुए लोगों ने आज गुड तिल और चावल का दान किया वहीं घरों में भी आज महिलाओं ने तिल के लड्डू और अन्य व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया कई स्थानों पर लोगों ने परंपरा के अनुसार पतंगबाजी का भी मजा लिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियो को मकर संक्रांति के साथ लोहड़ी और पोंगल की भी शुभकामनाएं दी है

मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस मेले में देश विदेश के श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में श्रद्वालू कृम्भ मेले में पहंच रहे हैं कुम्भ मेले के सभी कार्यक्रमों का आकाशवाणी और द्रदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने पहली बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रम यू ट्यूब पर भी जीवंत प्रसारण की व्यवस्था की है

तीन दिवसीय यह प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी रही स्कूल शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था इसमें राज्य के सभी जिलों के लगभग दो सौ किसानों ने तरह तरह के फल फूल और सब्जियों की किस्में प्रदर्शित की हैं खासतौर पर बस्तर जशपुर सरगुजा के किसानों ने काली मिर्च कॉफी और कोको के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए वहीं बोनसाई और आयातित फूलों के स्टॉलों को भी प्रकृति प्रेमियों ने खूब सराहा